केन्द्र सरकार ने फेक न्यूज से यूवाओं को गुमराह नहीं होने का किया आहवान

लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की बैठक में श्री यादव ने पार्टी के सभी नेताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी चालीस सीटें जीतने का लक्ष्य दिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने लोककल्याणकारी कार्यों के माध्यम से आम जनता के जनजीवन में काफी सुधार लाया है श्री यादव ने कहा कि जनहित के कई ऐसे काम हैं जिन्हें पार्टी आने वाले दिनों में कार्यान्वित करेगी बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय सहित विभिन्न जिला के अध्यक्ष लोकसभा व विधानसभा के प्रभारी उपस्थित थे इससे पहले श्री यादव ने भाजपा के दिवंगत विधान पार्षद सुरज नंदन कूशवाहा की स्मृति में आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में भाग लिया लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के सभी दलों की कल शाम राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक आयोजित की गई है सूत्रों के अनुसर लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की यह पहली बैठक है बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव शामिल होंगे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान इस बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे श्री पासवान ने आज पटना आगमन पर पत्रकारों से बातचीत में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से उम्मीदवार के संबंध में पार्टी निर्णय लेगी श्री पासवान कल हाजीपुर में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करेंगे केन्द्र सरकार ने फेक न्यूज से युवाओं को गुमराह नहीं होने का आह्वान किया है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में युवाओं से रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबतों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंच से अपनी आवाज बुलंद करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि टि्वटर और फेसबुक पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसपर रोक लगनी चाहिए उन्होंने सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल करने वालों से फेक न्यूज की चुनौती से निपटने के लिए अपना नियमन खुद करने को भी कहा मुंगेर जिले के सदर और जमालपुर प्रखंड के श्रीमतपुर और मुबारक पंचायत में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग के विशेष दल ने अबतक एक हजार से अधिक मुर्गे मुर्गियों बतखों को मार कर दफना दिया है वहीं पटना के केन्द्रीय टीम के छह सदस्यों ने संजय गांधी जैविक उद्यान सहित अन्य प्रभावित इलाकों से नमूने एकत्रित किये हैं जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा उद्यान के निदेशक अमित कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उद्यान को वायरस से मुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उद्यान को बर्ड फ्लू के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त करने के बाद इसे दर्शकों के लिए जल्द ही खोलने का निर्णय लिया जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में वृद्धि जारी है उत्तरी और पश्चिमी हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है हालांकि आज राजधानी पटना में तेज ध्रप निकलने से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा वहीं पश्चिमी चंपारण सीवान सारण पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कुछ स्थानों पर कल हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है ठंड को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं तक की कक्षा को नौ जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है कक्षा नौ से उपर की कक्षाएं सुबह साढ़े नौ बजे से चलाने का आदेश दिया गया है दृश्यता सौ मीटर से कम होने के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र में ठंड लगने से एक सैप के जवान की मौत हो गयी है उत्तर मध्य रेलवे ने पंद्रह जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज से गुजरने वाली रेलगाडियों की जानकारी लोगों को देने के लिए एक मोबाइल एप जारी किया है उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप पर मेला अवधि के दौरान चलने वाली सभी रेलगाडियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी इसके अतिरिक्त एप को आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकट खरीदने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पिछले अठाईस महीनों के दौरान एक सौ बाईस करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हैं इसके साथ ही देश की अठारह वर्ष से अधिक आयु की निनयानवे प्रतिशत जनसंख्या आधार के दायरे में आ गई है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च तक आधार के इस्तेमाल से नब्बे हजार करोड़ रूपये की बचत हुई और कई फर्जी लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कम्पोजिशन स्कीम का लाभ मिलेगा इससे वे मात्र एक प्रतिशत जीएसटी का भूगतान के अलावा त्रैमासिक के बजाय वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे श्री मोदी ने कहा कि एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से लागू होने वाली इन सारी अनुशंसाओं पर दस जनवरी को आयोजित जीएसटी कौंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा रेल विभाग हवाई अड्डों की तर्ज पर स्टेशनों को भी सील करने की योजना बना रहा है रेलवे इस योजना पर विचार कर रहा है जिसके तहत यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए ट्रेन के निर्धारित समय से बीस मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि इलाहाबाद में उच्च तकनीक वाले सिक्योरिटी प्लान पर काम शुरू हो चुका है श्री कुमार ने बताया कि इसके बाद देश के दो सौ से अधिक स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के रूपगंज मुहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से तीन सौ चार कार्टन विदेशी शराब बरामद की है छापेमारी में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि टाइगर मोबाइल के रूप में काम करने वाला बिहार पुलिस का जवान सुशील इस धंधे में लाइनर का काम कर रहा था इधर गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोडवलिया गांव से पुलिस ने दो सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं अररिया जिला के फुलकाहा में एसएसबी के जवानो ने एक वाहन से लगभग सात सौ बोतल नेपाली शराब बरामद किया है दानापुर मे कल से सोलह जनवरी तक सेना बहाली के लिए कैम्प का आयोजन किया गया है इसमें हवलदार सिपाही स्टोरकीपर क्लर्क जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा कल आयोजित किये गये कैम्प में बिहार और झारखंड के सभी जिलों के योग्य अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं सीतामढ़ी जिले के पूपरी थाना छेत्र के बरगछिया गांव में आधा दर्जन घरों में आग लगने से लाखो की सम्पत्ति नष्ट हो गई वहीं शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी बसवरिया गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जल गए आगामी पंद्रह जनवरी से प्रारम्भ होने वाले खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आज सासाराम में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरशन ने आकांक्षी जिला शेखपुरा को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है इस सम्बन्ध में ओएनजीसी के डीजीएम एसपी शर्मा ने आज शेखपुरा में अधिकारियो के साथ बैठक की खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड में शौचालय निर्माण की राशि गबन के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तीन कर्मियों पर बेलदौर थांना में प्राथमिकी दर्ज कराई है मुंगेर प्रमंडल के नवनियुक्त आरक्षी उप महानिरीक्षक मन्न महाराज ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमंडल के सभी छह जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा में बम विस्फोट में घायल बच्चों से सदर अस्पताल में मुलाकात की श्री सिंह ने घायल बच्चों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने आज नगर थाना परिसर में राज्य के पहले अनुसंधानक कक्ष का उद्घाटन किया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि गुरूपर्व के अवसर पर पटना साहिब में सिख तीर्थस्थलों के आस पास की सड़कों की मरम्मत के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है

केन्द्र सरकार ने फेक न्यूज से युवाओं को गुमराह नहीं होने का किया आहवान